राज्यपाल आज राजभवन से अतुल्य गंगा परियोजना के तहत प्रयागराज से आज से शुरू होकर दस अगस्त दो हजार इक्कीस तक चलने वाली इक्यावन सौ किलोमीटर पैदल परिक्रमा का ऑनलाइन शुभारम्भ करने के बाद सम्बोधित कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि गंगा नदी हमारे देश और हमारी संस्कृति की पहचान तथा अमूल्य धरोहर है राज्यपाल ने कहा कि गंगा के दोनों तटों पर पौधरोपण करती हुयी गांव और शहरों से गुजरने वाली भारत की सबसे लम्बी पदयात्रा से देश में गंगा सहित सभी नदियों के लिये और पर्यावरण संरक्षण के लिये नई ऊर्जा का संचार होगा राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वह गंगा के अस्तित्व पर मडरा रहे संकट को दूर करने के लिये एकजुट होकर इसे निर्मल बनाये रखने का प्रयास करें

राज्यपाल ने आज गोविन्द वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान तथा प्रयागराज मेला प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित कूंम अध्ययन केन्द्र का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुये कहा कि कुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिये अभी तक देश में कोई शोध केन्द्र नही था यह केन्द्र कुंभ मेले से सम्बद्ध शोघ अभिलेखीकरण और ज्ञान विमर्श पर आधारित होगा उन्होंने कहा कि संस्थान की उच्चस्तरीय फैकेल्टी और उनका शोघ अनुमव जन सामान्य को कुंभ की परम्पराओं और विरासत को समझने की एक नई दृष्टि देगा केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है नई दिल्ली में कल तमिलनाडू तेलंगाना महाराष्ट्र और बिहार के अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान प्रस्ताव लेकर आएंगे तो सरकार निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेगी कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की हैं उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से किसान पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं और इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है उधर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के हर स्तर के किसानों की चिन्ता है उन्होंने एक नही तीन नये कानून लाकर किसानों की तरक्की के द्वार खोल दिये हैं उन्होंने कहा कि जिन किसानों को कृषि बिल पर कोई भी आपत्ति है तो उनका पक्ष सुनने और हल निकालने के लिये सरकार तैयार है केन्द्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं

फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर पंचानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौतींस हजार चार सौ सतहत्तर रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कुल चौरानबे लाख बाईस हजार लोग ठीक हो चुके हैं वर्तमान में तीन लाख उन्तालीस हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में बाईस हजार से अधिक नए मामले सामने आए मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो दुनिया के अन्य देशों के अपेक्षा काफी कम है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन सौ चौवन मौतें हुई जिन्हें मिलाकर अब तक एक लाख तैंतालिस हजार सात सौ नौ लोगों की मृत्यू हो चुकी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घटों के दौरान नौ लाख तिरानबे हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई इन्हें मिलाकर देश में अब तक पन्द्रह करोड़ पचपन लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की सत्तरवीं पृण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दे रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रंद्वाजोल दी श्री मोदी ने कहा कि उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल के जीवन और व्यक्तित्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आज राजभवन स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के जीपीओ पार्क स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी और उन्हें भारत गणराज्य की एकता और अखण्डता का सूत्रधार बताया